एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि अब प्रत्येक बीपीएल परिवार के मुखिया को ग्राम पंचायत में एक शपथ पत्र देना होगा उन्होंने कहा कि शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि परिवार के पास दो हैक्टेयर से ज़्यादा असिंचित भूमि या एक हैक्टेयर से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं है और उसका परिवार आयकर नहीं देता

सहजल इधर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के बोहली में आज वृत्त स्तरीय पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया

बिंदल ने कहा कि वनीकरण कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा और लोगों को खाली सरकारी व निजी भूमि में पौधरोपण के लिए जागरूक किया जाएगा मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि स्पीति घाटी में जल्द ही सब्जी मण्डी बनाई जाएगी जिससे घाटी के किसानों को अपने उत्पाद बेचने में सुविधा होगी स्पीति घाटी के अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान आज माने गांव में उन्होंने किसानों से विभिन्न सब्जियां उगाने के साथ साथ फसल चक्र अपनाने का भी आहवान किया ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम के प्रसारण में शामिल किया जा सकता है

ज्ञापन चम्बा ज़िले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के गैर जनजातीय पंचायतों के लोगों ने केन्द्र सरकार से जनजातीय क्षेत्र में भी केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है इस संबंध में किलाड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाक्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने सांसद राम स्वरूप शर्मा को एक ज्ञापन भी सौंपा

उन्होंने बताया कि इस रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है मूरंग पंचायत किन्नौर ज़िले की मूरंग पंचायत को केन्द्र सरकार के श्यामा प्रसाद रूरल अर्बन मिशन के तहत चयनित किया गया है ग्रामीण विकास अभिकरण के उपनिदेशक नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य मूरंग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है उन्होंने कहा कि साथ लगती पंचायतों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा